मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

प्रधानमंत्री ने बच्चों के लिए बनाए गए बाल पोषण उद्यान को भी राष्ट्र को समर्पित किया इसके अलावा एकता मॉल केक्टस पार्क ग्लो गार्डन जैसे नवनिर्मित पर्यटन स्थलों का भी उद्घाटन किया इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को गांधीनगर जाकर श्रद्वांजलि दी केशुभाई का कल निधन हो गया था दो दिन के गुजरात दौरे पर आए श्री मोदी कल सरदार पटेल की जन्म जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होगें इस अवसर पर वे सरदार पटेल की प्रतिमा के निकट आयोजित एकता परेड में भी हिस्सा लेंगे

यह दिन देशभर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रदेशभर में भी इस अवसर पर कई आयोजन रखे गए है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यह संख्या कृल संक्रमित व्यक्तियों के सात प्रतिशत से कुछ अधिक है

कोरोना से मरने वालों की दर एक दशमलव पांच प्रतिशत हो गई है जो विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा काफी कम है

अब प्रत्याशी घर घर संपर्क कर मतदाताओं को रूझाने का प्रयास करेंगे आज प्रचार के अंतिम दिन भी उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए जोर शोर से जुटे रहे इससे पहले जयपुर हैरिटेज जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर में मतदान गुरूवार को संपन्न हो चुका है

इस दौरान दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश पत्र नहीं बनाए जाएंगे विधानसभा के सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने बताया कि हाथ धोने और सैनेटाइजेशन की पर्याप्त संख्या में मशीनें लगाई गई है इसके अलावा विधायकगण की कोविड जांच के लिए भी व्यवस्था की गई है

आज पत्रकार वार्ता में श्री राठौड़ ने नगर निगमों को बांटने को लेकर सरकार को आडे हाथों लिया और इसे सरकार का अदूरदर्शी निर्णय बताया

ये सुविधा कल आधी रात के बाद से लागू हो जाएगी उपभोक्ता को रजिस्टर्ड नम्बर के जरिए आईवीआरएस आईडी बतानी होगी

विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में इसके निर्यात पर प्रतिबंध की घोषणा की इससे पहले प्याज के बीजों का निर्यात नियंत्रित वस्तुओं की श्रेणी में शामिल था वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये केन्द्र सरकार ने इसके बीज के निर्यात पर रोक लगायी है

जेल अधीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि केन्द्रीय कारागृह में बंदियों को स्वस्थ रखने के लिए करोगे योग रहोगे निरोग अभियान की भी शुरूआत की गई है

हालांकि मिलाद महफिल और सीरात मजलिस का आयोजन कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए किया जा रहा है

इस बार अधिमास होने के कारण शरद पूर्णिमा पर्व आज और कल दोनों दिन ही मनाया जा रहा है कोरोना गाइडलाइन्स के कारण इस बार अधिकांश मंदिरों में श्रद्वालुओं के प्रवेश पर रोक है लेकिन घरों में बनी खीर को चांदनी रात में रखकर भगवान को भोग लगाया जाएगा